जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभावितों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी सरकार श्री गुरूनानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित वाहनों की एकतरफा आवाजाही के लिए खुला रोहतांग दर्रा तीन दिवसीय राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता सोलन जिले के कुमारहट्टी में शुरू मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद सूजित करने का ऐलान किया है

मुख्यमंत्री ने कम परिणाम वाले अध्यापकों की वार्षिक वृद्धि पर लगी रोक को एक बार के लिए वापिस लेने की बात भी कही उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या के लिए हज़ारों प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश की एक प्रख्यात पत्रिका द्वारा कराए गए सर्वे में देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद शांता कुमार भी मौजूद थे जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने पालमपुर के नागरी में एक जनसभा में कहा कि पालमपुर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि हिमानी चामुण्डा और पालमपुर रज्जू मार्ग का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश ध्वाला भी इस मौके मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने लोगों से पानी का सद्पयोग करने का आग्रह किया है

अनिल शर्मा राज्य सरकार जल विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने आज कुल्लू ज़िले के लारजी में विद्युत परियोजनाओं के प्रभावितों की जन सुनवाई करने के बाद ये आश्वासन दिया

बाद में ऊर्जा मंत्री ने पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण और सैंज जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी किया

राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और अपने संबोधन में कहा कि मेलों के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण होता है तथा लोगों को भिलने जुलने का अवसर मिलता है इससे पहले राज्यपाल ने भगवान परशुराम के प्राचीन मंदिर में हवन यज्ञ किया और परम्परा के अनुसार मेले में भाग लेने आए देवताओं की विदाई की गई आचार्य देवव्रत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और उत्कृष्ट स्थान पाने वाले विभागों को पुरस्कार बांटे आयुर्वेद विभाग ने पहला कृषि ने दूसरा और शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया

यह पर्व सिख धर्म के संस्थापक गुरूनानक देवजी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य गुरूद्वारों में सुबह से ही विशेष भजन कीर्तन कार्यक्रम चलते रहे शिमला के बस अड्डे स्थित गुरूद्वारा सिंह सभा में बड़ी संख्या में लोगों ने शीष नवाया और भजन कीर्तन कार्यक्रम में भाग लिया गुरूद्वारा सिंह सभा के मुख्य सेवादार जसविंदर सिंह ने बताया कि श्री गुरूनानक देव जी ने दुनिया को जात पात से ऊपर उठकर एक रहने का संदेश दिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर स्थित गुरूद्वारा साहिब में हुए एक कार्यक्रम में माथा टेका उन्होंने कहा कि गुरूनानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनके उपदेश हमें मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं इस बीच सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन ज़िले के धर्मपुर स्थित गुरूद्वारा साहिब में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए गुरूनानक देव जी के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला आयुष्मान भारत पिछड़े ज़िलों की सूची में शुमार सिरमौर ज़िले में आयुष्मान भारत योजना दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाम उठा रहे हैं ज़िले के कई अस्पतालों में योजना के तहत मरीज़ों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसके लिए अस्पतालों में आयुष्मान भित्र नियुक्त किए गए हैं

नाहन के समीप गदपेला गांव के इंद्र सिंह ने बताया कि उनकी बेटी मीना देवी हृदय रोग से पीड़ित है और उसके इलाज पर लाखों रूपए खर्च हो चुके हैं

नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार मैडिकल कॉलेज में आपात स्थिति में लाए जाने वाले मरीजों के स्वास्थ्य कार्ड तूरंत बनाए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए आयुष्मान मित्र की तैनाती की गई है

नाहन से शैलेंद्र कालरा के साथ समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश

मण्डी में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मेलन में भाग लेंगे उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पन्ना प्रमुखों को आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में कई महत्वपूर्ण टिप्स देंगे बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने आज जुब्बल क्षेत्र की अनेक पंचायतों का दौरा कर जन सुनवाई की उन्होंने खड़ापत्थर टॉप पर बनने वाले हैलीपैड की जगह का निरीक्षण मी किया और कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा बरागटा ने हाटकोटी मार्ग पर पट्टी ढांक के पास चट्टाने हटाने के कार्य में अधिकारियों को तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए रोहतांग दर्रा लाहौल स्पीति के प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रे पर आज दोपहर बाद से वाहनों की एकतरफा आवाजाही बहाल कर दी गई है

केलंग के उपमण्डल अधिकारी अमर नेगी ने बताया कि हालात सामान्य होने तक रोहतांग दर्रे पर एकतरफा वाहनों की ही अनुमति होगी उन्होंने कहा कि आज लाहौल से कुल्लू की ओर वाहनों को भेजा गया है जबकि कल मनाली से लाहौल की ओर वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी

नेगी ने फिसलन को देखते हुए लोगों को सुबह और शाम रोहतांग दर्रे पर सफर न करने की सलाह दी है

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने इसका शुभारम्भ किया हिमाचल में इस तरह की ये पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में देश के जाने माने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और हिमाचल के खिलाड़ियों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा सैजल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाने का आहवान किया सरवीण चौघरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया है धर्मशाला में आज पर्यटन विमाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्त होना ही समाज के सर्वागीण विकास का प्रतीक है

कांग्रे स प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह ने आज शिमला में पार्टी के जन संपर्क अभियान की शुरूआत की

सुखविन्दर सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा वीरमद्र पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश का एक समान विकास करवाने की सलाह दी है वे आज धर्मशाला में उत्तर भारत की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के शुभारम्म के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस प्रतियोगिता में महिला व पुरूष दोनों वर्गों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वीरमद्र सिंह ने कहा कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो लेकिन विकास की गति नहीं रूकनी चाहिए धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर ज़िले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जंगलबैरी में एक कार्यक्रम में मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत का आहवान किया